चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि आने वाले त्यौहार्रो को देखते हुए खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने के लिये यह अभियान शुरू किया गया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन अफवाहों का कड़ाई से खंडन किया है कि सरकार आर्थिक कारणों से कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में युवा और नौकरीपेशा लोगों को प्राथमिकता देगी उन्होंने कहा कि प्राथमिकता समूहों का निर्धारण दो प्रमुख आधारों पर किया जाएगा ये आधार हैं संकमण से ग्रस्त होने की अधिक आशंका वाले लोग और कोविड उपचार में लगे पेशेवर लोग स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे साझा नहीं करने का आग्रह किया राज्य के निजी चिकित्सालय में उपचार करा रहे कोरोना के गंभीर मरीजों को अब प्लाज्मा थेरेपी का लाभ मिल सकेगा

गौरतलब है कि सरकारी चिकित्सालयों में कोरोना के गंभीर मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी निशुल्क की जा रही है लेकिन निजी चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को इसका लाभ नहीं भिल पा रहा है क्योंकि उनके ब्लड बैंकों को प्लाजमा थेरेपी का लाइसेंस प्राप्त नहीं है कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो रहा है जानी मानी हस्तियां लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वर्च्यअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में सौ रूपए का स्मारक सिक्का जारी किया यह विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय में उनकी जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है कार्यकम में कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित सिंधिया परिवार ने हिस्सा लिया

आज विश्व गठिया रोग निषेध दिवस है इसका उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा सरकार और नीति निर्माताओं को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है